एक समाचार एजेंसी से बातचीत में जनरल नरवणे ने कहा कि स्थिति के मद्देनजर हम एहतियातन अपनी सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती कर रहे हैं हालांकि हमारी स्रक्षा और सम्प्रभुता सुरक्षित है जनरल नरवणे ने कल अग्रिम चौकी का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बातचीत कर सेना की तैयारियों की समीक्षा की सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले दो तीन महीनों से स्थिति तनावपूर्ण बनी ह्ई है उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा सेना प्रम्ख ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच उत्पन्न विवाद बातचीत से स्लझाया जा सकता है उन्होंने कहा कि सीमा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हम देश के हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं